इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे समारोह को देखते हुए शिमला व आसपास के इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं इस दौरान विभिन्न विभागों की विकासात्मक झांकियां भी निकाली जायेंगी गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर बिलासपुर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चम्बा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा कुल्लू स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उना ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर सोलन उद्योग मंत्री बिकम सिंह हमीरपूर और वनमंत्री गोबिंद ठाकुर मंडी में जिला स्तरीय समरोह की अध्यक्षता करेंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल धर्मशाला और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज नाहन में गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे रिकांगपियो और केंलग में संबंधित जिला उपायुक्त समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे

पदम्श्री पुरस्कारों में प्रदेश से सने अभिनेत्री और मूल रूप से हिमाचल की रहने वाली कंगना रणौत व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वान प्रोफसर अभिराज राजेन्द्र मिश्र को पद्मश्री पुरस्कार दिये जायेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदकों की घोषणा की है इसमें प्रदेश के आईजी एसपी समेत पांच जवानों को चुना गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस के महा निरीक्षक दलजीत ठाकुर को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है वे वर्तमान में आईजी सीआईडी इन्टैलीजैंस के पद पर कार्यरत हैं इसके अलावा एसपी का्नन व्यवस्था डॉ खुशहाल चंद एसपी किन्नौर साजूराम राणा इंस्पेक्टर पीटीसी डरोह सुशील कुमार व चंबा के सब इंस्टपेक्टर कृष्ण कुमार को पुलिस पदक के लिए चुना गया है

अमर उजाला की एक खबर है ड्रग्स फ्री हिमाचल में जुटे आई जी दलजीत को राष्ट्रपति पुलिस पदक कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल को मिली केंद्र से एडवाइजरी सर्तकता बढ़ी शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है एयरपोर्टस पर रहेगी अधिकारियों की नजर संदेहयुक्त व्यक्ति के लिए जाएंगे सैंपल